मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा का क्रम रूक रूक कर लगातार जारी है जबकि लाहौल स्पीति ज़िले में भारी हिमपात से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है

उधर किन्नौर चम्बा मण्डी कांगड़ा हमीरपुर बिलासपुर और सिरमौर और लाहौल स्पीति के लाहौल मण्डल में भी ज़िला प्रशासन ने कल सभी सरकारी व निजी स्कूलों में अवकाश घोषित किया है

इस भारी बर्फबारी से जिले में बिजली व संचार व्यवस्था चरमरा गई है और कड़ाके की ठण्ड पड़ रही है

वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया कुल्लू शहर के सरवरी इलाके में स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में अचानक सरवरी नाले का पानी आने के बाद यहां रह रहे लगभग अढ़ाई सौ लोगों को ज़िला प्रशासन द्वारा सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया मनाली में आज एक खाली वॉल्वो बस ब्यास नदी में बह गई किन्नौर ज़िले के ऊपरी क्षेत्रों और कुल्लू ज़िले के मनाली सहित अन्य चोटियों पर भी हिमपात हुआ है किन्नौर ज़िले में हिन्दुस्तान तिब्बत राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर मलबा गिरने से पागलनाला के पास दोपहर बाद एक बार फिर यातायात अवरूद्ध हो गया है चम्बा जिले में पठानकोट भरमौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग खड़ामुख के पास अवरूद्ध है जबकि चम्बा पांगी वाया साच पास मार्ग भी बर्फबारी के कारण यातायात के लिए अवरूद्व हो गया है

ज़िला प्रशासन ने रावी नदी के किनारे स्थित चम्बा के नवोदय स्कूल से बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश दिए हैं इस वर्षा के बाद प्रदेश के सभी नदी नालों के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है और प्राकृतिक जलस्रोतों का जलस्तर भी बढ़ गया है चम्बा ज़िला प्रशासन ने भारी वर्षा के कारण चमेरा बांघ से छोड़े जा रहे पानी को देखते हुए लोगों से रावी और अन्य नदी नालों के निकट न जाने की अपील की है पांगी में बर्फबारी से फसलों और सेब व नाशपाती के पौधों को नुकसान हुआ है हाईटेक एजुकेशन व वैल्फेयर सोसायटी के प्रधान हेम शर्मा ने सरकार से किसानों को मदद की गुहार लगाई है कुल्लू के उपायुक्त युनुस ने भी खराब मौसम को देखते हुए लोगों से एहतियात बरतने और नदी नालों के समीप न जाने का आग्रह किया है

सम्मेलन के दूसरे दिन आज ई निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सभी प्रतिभागियों को इसके बारे में जानकारी दी इस दौरान विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचार रखे केन्द्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव सुरेन्द्र नाथ त्रिवेदी ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन एक राष्ट्र एक एप्लीकेशन पर प्रस्तुती दी और इस पर सदन में प्रश्न उत्तर सत्र भी हुआ विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी प्रतिमागियों का आभार जताया

उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी भी देश में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी स्वास्थ्य योजना नहीं चल रही है उन्होंने कहा कि इस योजना से समी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का सपना साकार हुआ है

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है और इस योजना से देश में स्वास्थ्य देखमाल के क्षेत्र में बुनियादी परिवर्तन आएगा उन्होंने कहा कि देश में जल्द ही डेढ़ लाख स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाएंगे

राज्यपाल ने स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इतनी बड़ी योजना शुरू करने पर प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य पर खर्च की जाने वाली धनराशि की बचत होगी आचार्य देवव्रत ने लोगों से योग व पौष्टिक आहार को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से ये सुनिश्चित होगा कि पैसे की कमी से देश व प्रदेश में कोई भी व्यक्ति चिकित्सा उपचार से वंचित न रहे

इस बीच खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला में ज़िलास्तरीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारम्म करते हुए इसे भारतीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली योजना बताया

किशन कपूर ने कहा कि योजना के माध्यम से लोगों को ईलाज करवाने में मदद मिलेगी और उनका स्वास्थ्य खर्च भी कम होगा शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सोलन में जन आरोग्य योजना की शुरूआत करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार ने स्वास्थ्य आपका साथ हमारा के उद्देश्य से ये योजना चलाई है

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने हमीरपुर में ज़िलास्तरीय प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का श्रभारम्भ किया उन्होंने स्वास्थ्य विमाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी पात्र परिवारों को इस योजना में शामिल किया जाए और ग्रामीण स्तर तक योजना की जानकारी पहुंचाई जाए

इस अवसर पर सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को जनता के हित में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम बताया है

उधर रिकांगपिओ में किन्नौर के उपायुक्त गोपाल चंद ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारम्म किया

उमंग फाउंडेशन राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्य और उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय श्रीवास्तव ने राज्य सरकार से विकलांगजनों के लिए सभी शिक्षण संस्थानों व सार्वजनिक भवनों को बाघा रहित बनाने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सुगम्य भारत अभियान के तहत नाहन मैडिकल कॉलेज को भी जल्द बाधा रहित बनाया जाए उन्होंने कहा कि कॉलेज में रैंप और लिफ्ट सुविधा न होने के चलते दिव्यांगजनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है प्रोजेक्ट शक्ति कांग्रेस पार्टी का प्रोजेक्ट शक्ति आज हिमाचल में भी शुरू हो गया है पार्टी मुख्यालय शिमला में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल की मौजूदगी में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की शक्ति टीम के राष्ट्रीय समन्वयक शशांक शुक्ला ने इसे शुरू किया कांग्रेस अध्यक्ष सुखविन्दर सिंह व विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री भी इस मौके मौजूद रहे